स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में

किसान आंदोलन प्रदेश में किसानों द्वारा अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर आज से दस जून तक किया जा रहा गांव बंद आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी है इस दौरान किसान फल सब्जी और दूध को लेकर गांवों से शहर नहीं जायेंगे इस आंदोलन को लेकर प्रदेशभर में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिये तैयारी की गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार स्थिति पर नजर रखें हुये हैं आंदोलन को देखते हुये पूलिस मुख्यालय में एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है जिला स्तर पर पूलिस और प्रशासन को सतर्कता बरतने के निर्देश दिये गये है भोपाल के पुलिस उप महानिरीक्षक धर्मेन्द्र चौधरी ने बताया है कि पूरे जिले में शांति हैं उन्होंने कहा कि पूलिस और प्रशासन के अधिकारी जनसंवाद कर लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे सोशल मीडिया पर आंदोलन को लेकर यदि कोई किसी तरह का उकसाने वाले पोस्ट डाले तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे वहीं आगरमालवा जिले में उकसाने वाले मेसेज भेजने पर तीन युवाओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है

पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया है कि जिले में दूध फलों और सब्जियों की आपूर्ति आमदिनों की तरह जारी है कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है रायसेन जिला प्रशासन ने किसान आंदोलन से निपटने के लिये अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया है वहीं कोटवारों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई किसान संगठनों के आहवान पर आज रतलाम में भी आंदोलन के चलते सब्जी की आपूर्ति बाधित रही इंदौर संभाग में भी किसान आंदोलन जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले के सभी फल सब्जी और दूध विक्रय केन्द्रों पर आज सामान्य दिनों की तरह ही बिक्री जारी है

किसानों की मुख्य मांगों में फसल का लाभकारी मूल्य किसानों की कर्ज माफी लघु किसानों की आय सुनिश्चित करने और फल सब्जी और दूध पर लागत का डेढ़ गुना मूल्य दिया जाये गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह ने आज सागर में कहा कि प्रदेश में किसानों के शांतिपूर्ण रूप से जारी आंदोलन के लिये सरकार किसानों का धन्यवाद करती है उन्होंने कहा कि कहीं से कोई भी अप्रिय घटना की खबर नहीं है शहडोल सहित अन्य जिलों से भी आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहने के समाचार हैं शिवराज खंडवा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज खंडवा जिले के ग्राम खेड़ी आयोजित असंगठित श्रमिक और तेद्पत्ता संग्राहक सम्मेलन में लगभग एक हजार सात सौ करोड़ रूपये लागत की खालवा उद्वहन सिंचाई योजना की घोषणा की

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से क्षेत्र की किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और खालवा विकासखंड उन्नत खेती के लिये जाना जायेगा

लोकशिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत ने स्पष्ट किया है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी योजना में लैपटॉप खरीदने के लिये नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है

खाद्य आयुक्त श्रीमन शुक्ला ने बताया कि योजना में गैस कनेक्शन वितरण कार्य तेजी से किया जा रहा है प्रदेश में एक हजार से अधिक वितरकों द्वारा मई माह में दो लाख तैतालीस हजार पांच सौ से अधिक परिवारों को गैस कनेक्शन वितरित किये गये हैं

इन केन्द्रों में बच्चों और महिलाओं को बेहतर पोषण आहार और प्राथमिक शिक्षा देने के लिये आधूनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी

प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक नंदघर का निर्माण किया जायेगा आंगनवाड़ियों में सौर ऊर्जा आधारित उपकरण लगाये जायेंगे वहीं इन केन्द्रों में शुद्ध पेयजल डिजिटल मीडिया के जरिये ई शिक्षण और माताओं और शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिये आवश्यक व्यवस्था की जायेगी गौरतलब है कि आंगनवाड़ी केन्द्रों को उत्कृष्ट बनाने के लिये केन्द्र सरकार ने निजी और सार्वजनिक भागीदारी से यह योजना शुरू की है

समारोह में म्यूजिकल नाईट का आयोजन किया जायेगा जिसमें प्रसिद्ध गायक सुरेश वाडकर और टॉक शो होस्ट अभिनेता अन्नू कपूर प्रस्तृति देंगे

मलेरिया निरोधक प्रदेश में आज से मलेरिया निरोधक माह मनाया जा रहा है इसके तहत रोग से बचाव के लिये मलेरिया रथ द्वारा गांवों में भ्रमण कर लोगों को जागरूक किया जायेगा

इनमें कीटनाशक का छिड़काव करने के साथ ही जागरूकता अभियान के तहत रैली का आयोजन भी किया जायेगा वहीं अशोकनगर में आज मलेरिया रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया यह रथ लोगों को मलेरिया से रोकथाम के उपाय बतायेगा देवास सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी मलेरिया निरोधक माह के दौरान मनाये जाने के समाचार मिले हैं

मौसम प्रदेश के अनेक स्थानों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई इससे लोगों को गर्मी और उमस राहत मिली वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई

राजधानी भोपाल में आज तेज हवायें चलने और बारिश होने से तापमान में कमी दर्ज की गई धार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि तेज आंधी के साथ बारिश होने जनजीवन प्रभावित हुआ आगरमालवा जिले में भी बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली

जिले की मानपुर और बांधवगढ़ विधानसभा की निर्वाचक नामावली से लगभग सात हजार अवैध मतदाताओं के नाम हटाये गये हैं